केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रोजगार मेले का किया श्भारम्भ कहा केन्द्र सरकार के कौशल विकास स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसे कार्यक्रमों से बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है रोजगार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा भाजपा अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में हासिल करेगी दो हजार चौदह से भी बड़ी जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिये लोगों से साझा करेंगे अपने विचार करेंग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि खरीफ मौसम के दौरान अनाज का रिकार्ड उत्पादन होगा कल वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से लखनऊ में तीन दिक्सीय कृषि कुम का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसान अपनी भूमि के सर्वाधिक इस्तेमाल के लिए सौर पम्प और ॅसौर पैनल जैसी नई तकनीकें अपना रहे हैं

कल जो हमारा किसान अन्नदाता था वो आज रूर्जादाता भी बनने की संभावना पैदा हो गई है श्री मोदी ने कहा कि नई तकनीकों से देश में खेती का स्वरूप बदलने लगा है कृषि कुंम आने वाले दिनों में किसानों के लिए नये अवसर लाएगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि हरित क्रांति के बाद अब हम श्वेत मधु और नीली क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का आह्वान किया कि वे इस अवसर का इस्तेमाल टैक्नोलॉजी से संबंधित समाधान ढंढने में करें ताकि किसानों और पर्यावरण दोनों को फायदा हो प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को खेतों में दृंढ या पराली जलाने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं

लेकिन हमें तकनीक आधारित कुछ ऐसे ठोस उपायों की तरफ बढ़ना होगा जिससे हमारे किसान भाईयों के सामने पराती जलाने की मजबूरी खत्म हो जाए और इससे पर्यावरण की भी रक्षा हो केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कृषि राज्यमंत्री कृष्णा राज बिहार के कृषि मंत्री प्रेम क्मार और उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी इस अवसर पर मौजूद रहे हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि तीन दिक्सीय कृषि कृष मेले में हरियाणा और झारखंड सहयोगी राज्य के रूप में और जापान तथा इसाइल सहयोगी देश के रूप में हिस्सा ले रहे हैं

सुशील चंद तिवारी आकासवाणी समाचार लखनऊ केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है इसलिए यह सीबीआई मामले अनावश्यक रूप से उठा रही है उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है और रिर्पार्ट आने तक इसका इंतजार किया जाना चाहिए श्री सिंह कल लखनऊ में रेलवे प्रादेशिक प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक के कार्यक्रम में हिस्सा ते रहे थे उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों का देश की आर्थिक व्यवस्था में अहम योगदान है

युवाओं के लिए कौशल विकस स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसे कार्यक्रमों की शुरूआत की है जिससे उन्हें बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है उन्होंने कहा कि समी को नौकरी देना संभव नहीं है लेकिन उनकी प्रतिया का विकास कर के उन्हें रोजगार देना संभव है श्री सिंह ने बताया कि देश के चार सौ पवास केन्द्रों पर इस प्रकार के मेले लगाये गये है लखनऊ में रोजगार मेले के द्वारा आठ हजार से अधिक यवाओं को रोजगार दिया जायेगा श्री सिंह ने कहा कि देश में मानव संसाधन की कमी नहीं है और देश की बडी आबादी यवा है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किये गये एक जनपद एक उत्पाद के अच्छे नतीजे सामने आये हैं मुद्रा योजना के बारे में उन्होंने बताया कि दस लाख रूपये तक का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जाता है देश में इस योजना से छह करोड से अधिक लोगों को लाम मिला है इस अवसर पर कौशल विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं को उपकरण और प्रमाण पत्र वितरित किये गये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दो हजार उन्नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दो हजार चौदह से भी बड़ी जीत दर्ज करेंगी

सीबीआई प्रकरण पर कांग्रेस के धरने के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सता से बेदखल होने के बाद फिर वापसी के लिए बेवैन है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतत्व में सबसे ईमानदार सरकार कार्य कर रही है जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मन्दिर निर्माण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कल दीनदयाल उपध्याय गोरखप्र विश्वविद्यालय के सैंतीसवें दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता की विश्वविद्यालयों के कलाविपति श्री नाईक ने विश्वविद्यालय के सत्र दो हजार सत्रह अटठारह के छात्रों को दीक्षोपदेश देते हए योग्यतानुसार स्नातक स्नाकोत्तर और पीएचडी की उपाधि प्रदान की इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने युवाओं से बातचीत में गलतियों उपेक्षाओं और असफलताओं को उन्नति और विकास के लिए सबसे आवश्यक बताया है उन्हॉने कहा कि यह कत्तई न सोचे कि आपके विचारो को क्रेजी कहॅगे या एक्सीलेंट बस अपने विचारो को प्रयोग की शक्ल देने और उनके परिवर्तन के लिए सोचें देश के विकास के लिए शोव और अनसंघान को आवश्यक बताते हुए उन्होंने यवाओं से कहा कि साइंस टेक्नॉलाजी और इनोवेशन देश के विकास के लिए आवश्यक तत्व है दीक्षांत समारोह में पचास मेघावियों को सर्ण एवं स्मृति पदक प्रदान किया गया विश्वविद्यालय के कलपति प्रोफेसर यीके सिंह ने भी समारोह को सम्बोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिये देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे यह इस रेडियो कार्यक्रम की उन्वासवीं कड़ी होगी इसे आकाशवाणी और दरदर्शन के संपर्ण नेटवर्क द्वारा प्रसारित किया जायेगा लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विवार और सुझाव भेज सकते हैं टोल फ्री नम्बर एक आठ शन्य शन्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं बदायूं जनपद के सिविल लाइन थाना अन्तर्गत ककराला रोड स्थित रासुलपुर गांव में एक आतिशबाजी की दुकान में विस्फोट होने से सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि अमी तक सात लोगों की मौत की पृष्टि हई है तीन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्होंने बताया कि यह लाइसेंस श्रदा आतिशबाजी की द्कान थी मरने वालों में राहगीर भी शामिल है विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठाकले ने कहा है कि गरीब सवर्णो को आरक्षण मिलना चाहिए श्री अठावले कल कानपूर में पत्रकारों को संबेघित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सवर्ण जातियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको शिक्षा और नौकरी में पच्चीस प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए और इसके लिए समी पार्टियों को बैठक कर के विचार करने की आवश्यकता है